सूचना और प्रसारण तथा पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा प्रसार भारती की स्वायत्तता बहुत महत्वपूर्ण है और इसे बनाये रखना चाहिये देश और प्रदेश में आज मनाई जा रही है ईद राज्यपाल राम नाईक और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को दी है ईद की बघाई बहजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी प्रदेश विधानसभा उपच्नाव अलग अलग लड़ेगी बसपा प्रमुख मायावती ने नई दिल्ली में बताया कि समाजवादी पार्टी से गठबंधन हमेशा के लिए खत्म नहीं हुआ है और अगर भविष्य में उन्हें लगा कि अखिलेश यादव से गठजोड़ राजनीतिक दृष्टि से सफल हो सकता है तो दोनों पार्टियां फिर मिल सकती हैं वर्तमान स्थिति में अब हमने उत्तर प्रदेश में यहां कुछ सीटों पर होने वाले उपचुनावों में फिलहाल अकले ही ये चुनाव लड़ने का फैसला लिया है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी कहा है कि अगर बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन समाप्त हुआ तो उनकी पार्टी प्रदेश की ग्यारह विधानसभा सीटों का उपचुनाव अकेले लड़ेगी गाजीपुर में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि पार्टी नेतृत्व से सलाह के बाद वे सभी ग्यारह सीटों पर उम्मीदवार खड़े करेंगे अगर गठबंधन ट्रटा है या गठबंधन के बारे में जो बात रखी गयी है मैं उस पर बहुत सोच समझकर के विचार करूंगा और जब गठबंधन है ही नही उपचुनाव में तो हम अपनी समाजवादी पार्टी की तैयारी करेंगे

इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हए कौशल विकास मंत्री और प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष महेन्द्रनाथ पांडेय ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन अवसरवादी राजनीति का हिस्सा था बहुजन समाज पार्टी के राज्य विधानसभा उपचुनाव अकेले लड़ने के फैसले पर प्रतिक्रिया में महेन्द्रनाथ पांडेय ने बताया कि दोनों पार्टियों का अलग होना शुरू से ही तय लग रहा था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल लखनऊ में हई मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये राज्य सरकार के प्रवक्ता और ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बैठक के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि एक निर्णय के अनुसार मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के विभिन्न महानगरों में मेट्रो रेल परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिये उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन गठित करने का निर्णय लिया है यह निगम नोएडा ग्रेटर नोएडा मेट्रो रेल परियोजनाओं के लिये गठित निगम से अलग होगा एक अन्य निर्णय के अनुसार वाहन स्वामियों को नम्बर पोर्टविलिटी अर्थात वाहनों का नम्बर बदलने की सुविधा दी जायेगी इसके लिये मोटरयान नियमावली और अन्य नियमों में संशोधन करने का प्रस्ताव मान लिया गया इस सिलसिले में इक्कीस मार्च दो हजार सोलह को जारी अधिसूचना को निरस्त करते हुए पुराने मोटरयान के मालिक द्वारा उसी वर्ग के मोटरयान को खरीदने की दशा में देय फीस का भुगतान करने पर कुछ शर्तो के साथ पुराना पंजीयन नम्बर ही नये वाहन हेतु आवंटित किया जायेगा इस निर्णय को लागू करने के लिये दो पहिया तथा चार पहिया वाहनों के लिये अलग अलग न्यूनतम आघार मूल्य निर्धारित किया जायेगा कल लिये गये एक अन्य निर्णय के अनुसार मोटरयान अधिनियम के अन्तर्गत यातायात नियमों के उल्लंघन के फलस्वरूप घटित दण्डनीय यातायात अपराधों के शमन के उद्देश्य से निर्धारित धनराशि में वृद्धि करने का फैसला लिया गया कल लखनऊ में जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया कि इससे प्रदेश में वाहन दुर्घटनाओं में हो रही वृद्धि को कम करने में मदद मिलेगी विज्ञप्ति में कहा गया कि वाहन दुर्घटनाओं में वृद्धि होने से अपार जनधन की क्षति हो रही है मंत्रिपरिषद ने अन्य पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी के संबंध में शादी अनुदान योजना के अन्तर्गत मार्च दो हजार उन्नीस में प्राप्त आवेदनों पर कार्यवाही की समय सीमा इकतीस मई से बढ़ाकर तीस जून तक करने का फैसला लिया आज विश्व पर्यावरण दिवस है केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पौधों के साथ सेल्फी जन अमियान कल शुरू करते हुए लोगों से पौधे लगाकर और उसके साथ अपनी सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर डालने का आग्रह किया विश्व पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या पर कल नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री जावड़ेकर ने कहा कोई ने कोई सैप्लिंग लगाए और सेल्फी विद सैप्लिंग हैरा टैग करके भेजे तो ये बहुत जनता का सहयोग रहेगा क्योंकि मोदी सरकार की प्राथमिकता है पर्यावरण और जनभागीदारी और ये जनभागीदारी इससे होगी और एक बात है कि इस साल वायु प्रदृषण पर यूएन का ज्यादा जोर है वही थीम है तो उसके लिए हमने क्लीन एयर मिशन तैयार किया है और उसके भी कार्यक्रम आने वाले दिनों में होंगे सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि प्रसार भारती की स्वायत्तता बहुत महत्वपूर्ण है और इसे बनाये रखना चाहिए हमारी भूमिका स्पष्ट है कि प्रसार भारती की ऑटोनॉमी एक महत्वपूर्ण है वो कानून से आई है और इसलिये ये भी कानून एमर्जेसी के बाद बना है इसलिये बना कि उस पर कोई आंच न आये और हम भी यही चाहते हैं कि प्रसार भारती अच्छी तरीके से अपना काम करे नई नई योजनाओं को लाएं लोगों की बदलती हुई आदतों को समेट ले दूरदर्शन समाचार के लिए सत्रह नई खरीदी गई डी एस एन जी वैन रवाना करने के बाद कल नई दिल्ली में आयोजित समारोह में श्री जावर्डेकर ने कहा कि प्रसार भारती को डिजिटल विस्तार के दौर में नई संभावनाएं खोजनी चाहिएं इस अवसर पर सुचना और प्रसारण सचिव अमित खरे ने कहा कि दूरदर्शन और आकाशवाणी अपने समाचारों की प्रामाणिकता के कारण अन्य चौनलों से बहुत आगे है

पवित्र रमजान महीने के पूरा होने पर आज देश भर में ईद मनाई जा रही है कल देर शाम चाँद दिखते ही लोगों ने एक दूसरे को बधाईयां देनी शुरू कर दीं लोग आपस में गले मिले और ईद से जुड़ी वस्तुओं की खरीदारी में लग गए देर रात तक बाजारों में चहल पहल रही और लोग खाने पीने की वस्तुओं तथा पर्व से जुड़ी सामग्री खरीदते देखे गए आज प्रदेश भर में ईद की विशेष नमाज अदा की जा रही है मस्जिदों में इसके लिए विशेष प्रबन्ध किए गए हैं इसके साथ ही सुरक्षा के भी कड़े प्रबन्ध किए गए हैं कई शहरों में ईद की विशेष नमाज के कारण यातायात व्यवस्था में भी फेरबदल किया गया है एक रिर्पोट हमारे संवाददाता सेः राजधानी लखनऊ में ईद उल फित्र की विशेष नमाज अदा करने के लिए लोग त्योहारी पोशाक में सज धज कर ऐशबाग ईदगाह टीले वाली मस्जिद आसिफी मस्जिद तथा अन्य जुम्मा मस्जिदों में पहुंचना शुरू हो गए हैं कई अन्य जगहों पर नमाज अता करने के बाद लोग आपस में गले मिल और मिठाइयां बांटकर ईद की बघाई दे रहे हैं मुस्लिम भाई भाइयों के हिंदू दोस्त मुंह में पानी लाने वाले लजीज व्यंजनों और सेवईयां पाने की लंबे समय से इच्छा को पूरी करने के लिए तैयार हो रहे हैं प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और किघानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने लोगों को ईद की बधाई दी है श्री योगी ने नमाज अदा करने वाले स्थानों और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा और सफाई करने के विशेष निर्देश दिए हैं मुल्तान सिंह यादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ राज्यपाल राम नाईक और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय के लोगों को ईद उल फित्र पर हार्दिक बधाई दी है राज्यपाल ने इस मौके पर सभी लोगों की सुख तथा समृद्वि की कामना की है मुख्यमंत्री ने कहा है कि खुशियों का यह त्यौहार मेल मिलाप का पैगाम लेकर आता है यह सामाजिक एकता को मजबूत करने के साथ ही आपसी भाईचारे की भावना को बढ़ाता है

समिति ने सरकार को बताया कि जनता की राय लेने के लिए जो मसौदा पेश किया गया था उसमें कुछ गलतिया रह गई थीं समिति ने बताया कि संशोधित मसौदे को तीस दिन के भीतर राज्यों और आम जनता की राय लेने के लिए फिर से मानव संसाधन विकास मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है सरकार ने स्पष्ट किया है कि समिति के मसौदे में केवल सिफारिशें की गई हैं और इसमें संशोधन करते हुए विद्यार्थियों को स्कूलों में तीन भाषा फॉर्मूला के अंतर्गत कोई भी भाषा चुनने का विकल्प दिया गया है